एयर इंडिया दो अक्तूबर से अपनी उड़ानों में प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबधित करेगा

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल प्रस्कारों के लिए चयनित खिलाडियो को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया

म्ख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि क्ंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के साथ साथ पांच हजार करोड़ रूपये से अधिक लागत से ओरबीटल रेल नेटवर्क तैयार किया जायेगा

इस अभियान का उद्देश्य लोगों को रोज़मर्रा के जीवन के शारीरिक काम काज करने और खेलों के लिए प्रेरित करना है नई दिल्ली में इस मौके पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यान चंद को नमन किया और कहा कि आज का दिन विश्व भर में तिरंगे का गौरव बढ़ाने वाले खिलाडियों को शुभकामनायें देने का दिन है

एयर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अश्विनी लोहानी ने आज नई दिल्ली में नागरिक उड्डन संवाददाताओं की कार्यशाला को सम्बोधित करते हए यह जानकारी दी चाय के प्लास्टिक के रूप कप की जगह कागज़ के मजबूत कप और प्लास्टिक के गिलास के स्थान पर कागज़ के गिलास इस्तेमाल किये जायेंगे उल्लेखनीय है कि इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था

इनमें विभिन्न यातायात नियमों का उल्लधंना के लिए बढ़ाये गये ज़र्माने भी शामिल है

बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने बाकी बचे प्रावधानों को लागू करने के लिए मसौदा नियम तैयार करने की प्रक्रिया श्रू कर दी है

श्रीमती केशनी आनन्द अरोड़ा ने यह बात आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दवारा फिट इंडिया मुवमेंट के शुभारंभ अवसर के दौरान कही कार्यक्रम का दुरदर्शन के माध्यम से देशभर में सीधा प्रसारण किया गया और हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में भी मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने फिट इंडिया मुवमेंट कार्यक्रम को लाइव देखा और फिटनेस की शपथ भी ली इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रम समय की मांग है क्योंकि समय के साथ साथ लोगों की जीवनशैली में बहत बदलाव आया है और कहीं न कहीं फिटनेस की ओर लोगों का ध्यान कम हो गया है श्रीमती अरोड़ा ने अधिकारियों व कर्मचारियों से उनके दैनिक दिनचर्या से संबंधित संवाद भी किया और अपने निजी अनुभव भी सांझा किए हरियाणा में आज इस अभियान के शुटात से पहले मैराथन दौड़ भी करवाए गए और सभी संस्थानों में कार्यक्रमसीधा प्रसारण के इंजाम भी किया गये थे हॉकी के जादुगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर आज को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय खेल प्रस्कारों चयनित खिलाड़ियों को राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया इस दौरान रियो पैरालंपिक की पदक विजेता पैरा एथलीट दीपा मलिक को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया दीपा के अलावा यह प्रस्कार जकार्ता एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बजरंग को भी मिला है लेकिन अगले माह होने वाली विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के चलते वह इस समारोह में शामिल नहीं हो सकें इस प्रस्कार सम्मान समारोह में कई खिलाड़ी अगले माह होने वाली विश्व चैंपियनशिप की तैयारियों के चलते वह इस समारोह में शामिल नहीं हो सके वह विश्व चैंपियनशिप के बाद खेल मंत्री किरण रिजिजू के हाथों यह सम्मान ग्रहण करेंगे पजांब के फुटबाल खिलाड़ी ग्रप्रीत सिंह संध् और हरियाणा की पूजा ढांडा को भी अर्ज्न अर्वाड से नवाजा गया